राज्यसभा ने कल इस विघेयक को मंजूरी दी लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है इस विघेयक में कर चोरी और बैंकों के ऋण घोटाले के आरोपियों के देश छोड़कर भागने की स्थिति में उनकी सम्पतियों को जब्त करने का प्रावधान किया गया है राज्यसमा में बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इसके जरिए भारतीय कानूनी प्रक्रिया और अदालती कार्रवाई से बचकर भागने के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे इस विधेयक में एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक के अपराध करने वाले आर्थिक भगोड़ों पर कार्रवाई की जाएगी वित्तमंत्री ने कहा कि आर्थिक अपराध के मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालते बनाई जाएंगी उन्होंने कहा कि देश और विदेश में भगोड़े आर्थिक आपराधियों की सम्पत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है अगले आम चुनाव उप चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव में शत प्रतिशत मतदान केन्द्रों पर मतदान पुष्टि मशीनें उपलब्ध कराने के लिए आयोग वचनबद्ध है आयोग के अधिकारी इन मशीनों की आपूर्ति पर रोजाना नजर रखे हुए हैं

पुलिस महानिदेशक ओ पी गल्होत्रा के आदेशानुसार इस मामले से सम्बन्धित पहलुओं की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारियों के दल की कल जयपुर में आयोजित बैठक में जांच की प्रगति की समीक्षा की गई दल में विशिष्ठ महानिदेशक पुलिस कानून और व्यवस्था एनआरके रेड्डी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी सीबी पी के सिंह अतिरिक्त महानिदेशक जयपुर रेंज हेमंत प्रियदर्शी और महानिरीक्षक सीआईडी सीबी और गौ सतर्कता के राज्य नोडल अधिकारी महेन्द्र सिंह चौधरी शामिल थे दल उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस इलाके में इस तरह की वारदातों में लिप्त लोगों के बारे में भी सूचनाएं इकट़ठा कर रहा है

कल जयपुर में आपदा प्रबन्धन सहायता और नागरिक सुरक्षा विमाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारी बारिश की चेतावनी आकाशीय बिजली गिरने और बाढ की स्थिति के साथ साथ सर्दी के मौसम में पाले से अपनी फसलों को सुरक्षित बचाने की जानकारी आपदा विभाग द्वारा समय समय पर सोशल मीडिया के जरिये भी देनी चाहिए

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव मेज सकते हैं

विमल कटियार को मीडिया प्रभारी बनाने के साथ ही सुनील कोठारी को प्रदेश कार्यालय प्रभारी बनाया गया है सतीश पूनिया मुकेश पारीक अल्का गुर्जर राजेन्द्र गहलोत नारायण पंचारिया पंकज मीणा पिंकेश पोरवाल और हरिकृष्ण जोशी को प्रवक्ता बनाया गया हैं

सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान की ओर से किया जायेगा सम्मेलन के दौरान बारिश की सटिक गणना के लिये वायु परीक्षण भी किया जायेगा सम्मेलन में ज्योतिष के विभिन्न विषयों पर पत्र वाचन होंगे